मृतकों की संख्या हुई चौंतीस

स्वस्थ होने की दर अड़तालीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत हुई

और अगले तीन दिनों तक उमस भरी गर्मी से राहत के आसार नहीं

प्रदेश के सत्ताईस जिलों से एक सौ अट्ठाईस लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पृष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच हजार पांच सौ तिरासी हो गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज जो मामले सामने आये हैं उसमें भोजपुर जिले में सबसे अधिक अठारह लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं वहीं भागलपुर में ग्यारह किशनगंज में नौ मुंगेर और मधेपुरा में आठ आठ सीतामढ़ी रोहतास और सारण में छह छह तथा गया और समस्तीपुर में पांच पांच व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं इसी तरह नवादा कैमूर वैशाली अररिया अरवल और जमुई में चार चार शिवहर औरंगाबाद और नालंदा में तीन तीन मुजफ्फरपुर बांका पटना शेखपुरा और सहरसा में दो दो तथा कटिहार खगड़िया और मधुबनी में एक एक लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है इनमें चार बच्चे दो बच्चियां और अठारह महिलाएं शामिल हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ चौंसठ मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो हजार नौ सौ चौंतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर साढ़े बावन प्रतिशत हो गयी है उन्होंने बताया कि दरभंगा में इलाजरत एक मरीज की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर चौंतीस हो गयी है राज्य में कोविड उन्नीस से मरने की दर शून्य दशमलव छह शून्य प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से दो दशमलव दो प्रतिशत कम है इधर देश भर में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर अड़तालीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत पहुंच गई है और एक लाख पैंतीस हजार दो सौ छह लोग स्वस्थ हुए हैं पहली बार ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या से अधिक है देश में एक लाख तैंतीस हजार छह सौ बत्तीस लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश में संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख छिहत्तर हजार आठ सौ अंठावन हो गई है वहीं इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हजार सात सौ पैंतालीस हो गई है देश में मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है कोविड उन्नीस से सम्बद्ध मंत्री समूह के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विश्व की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में हैं लेकिन संतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं हैं बैठक में मंत्री समूह को देश में चिकित्सा ढ़ांचे और कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की स्थिति की जानकारी दी गई उन्हें बताया गया है कि नौ जून तक कोविड संबंधी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाया गया

अधिकार प्राप्त मंत्री समुह के अध्यक्ष परमेश्वरम अय्यर ने लॉकडाउन के दौरान देश में आवश्यक वस्तओं की आपुर्ति के लिए अपनाई गई महत्वपूर्ण कार्यनीतियों का उल्लेख किया समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा दिल्ली स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने वृद्धजनों को कोविड उन्नीस के संक्रमण के प्रति विशेष सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना तथा अन्य बीमारियों के संक्रमण के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं

जैसे खांसी आना बुखार होना नाक बहना और कोरोना वायरस के दस से पन्द्रह पर्सेट पेसेंट ऐसे हैं जिनमें कई बार सांस की दिक्कत हो जाती है इनकी संख्या कम है

वहीं वरिष्ठ चिकित्सक और परामर्शदाता अवधेश शर्मा ने कहा कि जिन लोगों को पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए साउंड बाईट उन लोगों में जिनमें कि डायबिटीज ब्लडप्रेशर सांस की कमी अस्थमा या वह किसी सिगरेट का या बिड़ी का सेवन करते हैं जिससे उनकी छाती की जो ताकत है वह कम हो जाती है या जो कैंसर से पीड़ित हैं उस वजह से रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो उन लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए डरना नहीं चाहिए रेलवे राज्यों की मांग के बाद चौबीस घंटों के भीतर श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां उपलब्ध कराना जारी रखेगा रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक स्पेशल रेलगाडियों की आवश्यकता का विवरण मांगा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे चौबीस घंटे के अंदर श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां उपलब्ध कराएगा पहली मई से लगभग साठ लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने चार हजार तीन सौ सैंतालीस श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां संचालित की हैं प्रदेश में दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगभग समाप्त हो गया है आज सिर्फ एक ट्रेन कर्नाटक से एक हजार छह सौ पचास लोगों को लेकर पहुंची कल भी केवल एक ट्रेन तमिलनाडु से एक हजार छह सौ पचास लोगों को लेकर आ रही है केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें पंद्रह जून से एक बार फिर प्रे देश में लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह खबर पूरी तरह गलत है और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है वहीं पीआईबी ने व्हाट्सएप पर चल रहे उस संदेश का भी खंडन किया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को राहत के रूप में साढ़े सात हजार रुपये दिए जाने का दावा किया गया है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि क्लिकबेट एक फर्जी लिंक है कार्यालय ने लोगों से ऐसे फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सअप संदेशों से सावधान रहने का अनुरोध किया है राज्य के श्रद्धालु इस वर्ष हज यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे राज्य हज कमिटी के कार्यपालक अधिकारी राशिद हुसैन ने कहा है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुये राज्य से हज यात्रा रद्द कर दी गयी है श्री हुसैन ने कहा कि हज यात्रा के लिए आवेदन करने वाले लोग केन्द्रीय हज कमिटी की वेबसाईट पर जाकर यात्रा रद्द करने का आवेदन कर सकते हैं राज्य हज कमिटी कोन्द्रीय कमिटी के परामर्श पर आवेदन प्राप्त होने के बाद उनका जमा शुल्क वापस कर रही है अब तक एक सौ चालीस लोगों ने आवेदन रद्द करवाया है इस साल प्रदेश से चार हजार आठ सौ उनसठ लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन दिया था बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इस मंदिर में दर्शन के दौरान कड़ाई से नियमों का पालन कराया जा रहा है महाबोधि मंदिर प्रबंधन कमिटी के सचिव एन दोरजे ने कहा कि एक बार में दस लोगों को ही पूजा अर्चना के लिए अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है बिहार के मैनचेस्टर कहलाने वाले गया जिले के पटवा टोली के ब्रनकरों ने लोकल के प्रति वोकल बनने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अभियान को एक नई ऊंचाई दी हैं

चिकित्सकों की सलाह के बाद राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायत के परिवारों को दो दो मास्क उपलब्ध कराने के फैसले के मद्देनजर पावरलूम मशीनों की आवाज से पटवा टोली की गलियां एक बार फिर गूंज रही हैं साउंड बाईट पावरलूम विहार प्रदेश बुनकर कल्याण संघ के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पटवा कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को छोटे और कुटीर उद्योग एक नई गति दे सकते हैं

आकाशवाणी समाचार के लिये गया से कमल नयन केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध करायी गयी सरकारी सहायता पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है रोहतास लखीसराय और खगड़िया के कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

उन्नीस प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं आठ हजार दो सौ दस वाहन जब्त किये गये हैं साथ ही दो करोड़ तेईस लाख रुपये से अधिक की रशि ज़र्माने के रूप में वसूली जा चुकी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों तक मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और बिहार उत्तर प्रदेश होते हुये छत्तीसगढ़ तक बने चक्रवाती दबाव के क्षेत्र की वजह से कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाये रहेंगे और राज्य के पूर्वी तथा उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है आज उनतालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा भागलपुर का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव नौ पूर्णिया का चौंतीस दशमलव नौ और पटना का सैंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में तेरह जून को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जायेगा कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कैडेट के अभिभावकों को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है रोहतास जिले के डिहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पाली पुल चेकपोस्ट के पास ट्रकों से पैसा वसूलते हुए एक सैप जवान को गिरफ्तार कर लिया गया जवान को जेल भेज दिया गया है उसके पास से आठ हजार रूपये नकद बरामद किये गये कटिहार जिला अधिवक्ता संघ ने लॉकडाउन के कारण वकीलों के समक्ष आयी आर्थिक परेशानियों को देखते हुए सभी अधिवक्ताओं को ढाई ढाई हजार रूपये देने की घोषणा की है बांका जिले के फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के अमझर गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति के घर पर बम फेंक दिया इस घटना में गृह स्वामी की मौत हो गयी जबकि उसकी तीन वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गयी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है जमूई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के बामदह गांव से पूलिस ने एक सौ सत्रह बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

मृतकों की संख्या हुई चौंतीस

स्वस्थ होने की दर अड़तालीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत हुई

और अगले तीन दिनों तक उमस भरी गर्मी से राहत के आसार नहीं